अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा ये बस सेवा शुरू होने से राज्य में पर्यटन व्यवसाय में और तेजी आने की सम्भावना है

परिवहन मन्त्री ने कहा कि बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिये अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है

जिनका विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में ईलाज चल रहा है

प्रदेश में कोरोना से आज एक मरीज की मौत भी हुई है

उन्होंने कहा कि इन सड़कों के पक्का हो जाने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी प्रकाश राणा आज जोगिन्दर नगर की ग्राम पंचायत गोलवां में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे